वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर चिन्ता जताई प्रहलाद जोशी ने बताया कि सांसदों को सरकार की नई योजनाओं की जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को देने को कहा गया है बैठक के दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए लोकसभा में दो हजार उन्नीस बीस के लिए सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगें मंजूर हो गई हैं अपने जवाब में केन्द्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने बताया कि देश के राजमार्गों की सुरक्षा के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने सात हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है वे आज लोकसभा में दो हजार उन्नीस के लिए सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों का जवाब दे रहे थे उन्होंने बताया कि सात सौ छियासी दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की गई है और इनमें से तीन सौ स्थानों को द्रूस्त कर लिया गया है केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी एक लाख अट्ठाईस हजार से अधिक ग्राम पंचायतें अपने यहां किए गए कार्यक्रमों और लाभार्थियों को दी गई सहायता के सबूत के तौर पर छायाचित्र अपलोड कर रही हैं हर पंचायत में कनैक्टिविटी उपलब्ध हो यह हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है

भारत ऑप्टिकल फाइबर से हर दृष्टि से पंचायतों को अपनी वेबसाइट बनाने की आजादी है और अगर पंचायतें हमारे पोर्टल पर जुड़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से हमने उनको सारी सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि दो लाख उन्नीस हजार ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास परियोजनाएं और शुरू किए गए सोलह हजार कार्यों का विवरण वेबसाइट पर डाला है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामना दी है उन्होंने कहा कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग़रू पूर्णिमा पर नाथ पंथ की परम्परागत पूजा के लिये आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरू गोरक्षनाथ सहित नाथ पंथ के अपने सभी गुरूओं की पूजा अर्चना की इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उन्होंने प्रदेषवासियों को गुरू पूर्णिमा की बधाई देते हये कहा कि गुरू समाज का मार्गदर्षन करता है और उसे एक नयी दिषा प्रदान करता है उन्होंने कहा कि गुरू परम्परा भारत देष के मूल में है वैदिक काल से ही समय समय पर इस परम्परा को अनेक ऋशियों ने ऊंचाई प्रदान की है प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो अपराधी मारे गए एक अपराधी के खिलाफ क्छ दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप था और उसपर एक लाख रूपये का इनाम रखा गया था मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने आकाशवाणी को बताया कि रोहित उर्फ संधू और राकेश नाम के ये अपराधी लूट और हत्या के कई मामलों में शामिल थे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला रोहित इस महीने की दो तारीख को पुलिस हिरासत से फरार हो गया था नेपाल में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ और जमीन धंसने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या अठहत्तर हो गई है तीस व्यक्ति लापता है और पचास घायल हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इकतीस जिलों में जोरों की बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बाढ़ और चट्टाने खिसकने से पिछले छह दिनों में सैकड़ों मकान नष्ट हो गए और हजारों लोग विस्थापित हए हैं देश के विभिन्न हिस्सों में यातायात बिजली पानी और संचार सेवा भी प्रभावित हई हैं राहत तथा बचाव कार्य जारी है और अब तक तीन हजार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं बहाल करने के प्रयास जारी हैं साथ ही जल जनित बिमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर्मी भी भेजे गए हैं इस बीच स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है बाढ़ भविष्यवाणी विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक तीन प्रमुख नदियों का जलस्तर सामान्य रहने की उम्मीद है उधर मौसम् विभाग ने देश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है राजक्मार आकाशवाणी समाचार काठमांडू